राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता के लिए सरकार उठा रही प्रभावी कदम देश की कठिन यात्राओं में शुमार श्रीखण्ड कैलाश यात्रा आज से शुरू एक भारत श्रेष्ठ भारत मुहिम के तहत केरल की महिलाएं ऊना में विशेष बच्चों के पुनर्वास में बनी मिसाल संजय करोल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने नशे की समस्या के समाधान के लिए समाज के संयुक्त प्रयासों की ज़रूरत पर बल दिया है शिमला में आज मादक पदार्थ व्यसन उन्मूलन शिविर के शुभारम्म पर उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को भी इस दिशा में आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए

छात्रवृत्ति केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने शिक्षा संस्थानों को यह सूचित करने को कहा है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए फीस जमा करने की तारीख तब तक के लिए बढ़ा दी जाए जब तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत इन विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि नहीं पहुंच जाती सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह निर्देश इन शिकायतों के बाद जारी किया है कि शुल्क समय पर जमा न करने के कारण अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है

बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने सोलन के नौणी स्थित बागवानी विश्वविद्यालय के निरीक्षण के दौरान आज ये जानकारी दी उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान व नई तकनीक के लाभ खेतों तक पहंचाने की ज़रूरत पर बल दिया महेन्द्र सिंह ठाक़र ने विश्वविद्यालय में उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण कर वैज्ञानिकों को इस दिशा में ज़रूरी दिशा निर्देश दिए पीडीएस खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं

इससे जहां फर्जी राशन कार्ड धारकों पर अंकुश लगा है वहीं राशन के दुरूपयोग पर रोक लगने के साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आई है उन्होंने कहा कि सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों पर उपमोक्ताओं के राशन खरीद संबंधी बिल व कैशमैमो उनके मोबाइल पर उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है मारद्वाज प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थाओं के मान्यता नियमों में ज़रूरत पड़ने पर बदलाव करने का प्रयास किया जाएगा ये जानकारी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला स्थित आर्य कन्या विद्यालय के वार्षिक समारोह में दी उन्होंने कहा कि निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों को पूर्व छात्रों के सहयोग से शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य करना चाहिए भारद्वाज ने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृति पर भी चिंता जताई और इसके लिए अभिभावकों और शिक्षकों से भी सचेत रहने का आह्वान किया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना ज़िले में कुटलैहड़ की सिहाणा पंचायत में आज जनसमस्याएं सुनीं उन्होंने इलाके के सोलह सिंगी धार स्थित ऐतिहासिक किलों का दौरा भी किया और क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए मौजूद संभावनाओं पर स्थानीय लोगों से चर्चा की उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे पौधरोपण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मेंट की उन्होंने लेडी गवर्नर दर्शना देवी को उनके जन्मदिन की बधाई भी दी इस दौरान राज्यपाल और लेडी गवर्नर ने राजभवन परिसर में पौधरोपण भी किया पुलिस महानिदेशक सीताराम मरढ़ी समेत कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने संस्कृति व नैतिक मूल्यों के संरक्षण की ज़रूरत पर बल दिया है सोलन में एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने सभी से सनातन धर्म द्वारा दिखाए सदमार्ग पर चलने और देश की उन्नति के लिए कार्य करने का आग्रह भी किया दूसरी ओर रोटरी क्लब सोलन के एक अन्य समारोह में सहजल ने पोलियो उन्मूलन में संस्था के प्रयासों की सराहना की उन्होंने उम्मीद जताई कि ये संस्था भविष्य में न केवल अपने कार्यो का विस्तार करेगी बल्कि नई योजनाओं के साथ पीड़ित मानवता की सेवा भी करेगी श्रीखंड यात्रा देश की सबसे कठिन यात्राओं में शामिल श्रीखंड कैलाश यात्रा आज से अधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है यात्रियों के पहले जत्थे को आनी के विधायक किशोरी लाल ने आज निरमण्ड से रवाना किया

विधायक किशोरी लाल ने कहा कि आने वाले समय में यात्रा की अवधि एक महीना करने का प्रयास किया जाएगा प्रशासन की तरफ से सिंहगाड़ में स्थापित बेस कैंप में पंजीकरण के बाद ही यात्रा की अनुमति होगी शोभा यात्रा भगवान श्री जगन्नाथ की आज नाहन में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचकर उनसे आशीर्वाद लिया इस अवसर पर मौजूद विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि मेले व त्योहार आस्था के प्रतीक हैं और इनसे संस्कृति की झलक देखने को मिलती है उन्होंने बताया कि नाहन शहर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है कांग्रे स कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुटता से कार्य करने का आहवान किया है

सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं व जनता में उत्साह है और पार्टी प्रदेश की चारों सीटें जीतने में कामयाब रहेगी एक भारत श्रेष्ठ भारत अनेकता में एकता और जहां विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलकर समाज सेवा में जुटे हों इसी का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत केरल सहित देश के अन्य भागों से लोग हिमाचल प्रदेश आकर विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेकर सबके लिए मिसाल बने हैं ऊना जिला मुख्यालय में स्थित प्रेम आश्रम विशेष बच्चों के पुनर्वास में जुटा है

ऊना में स्थित प्रेम आश्रम में केरल की सिस्टर्स विशेष बच्चों के पूर्नवास के लिए समर्पित हैं

केरल सहित अन्य राज्यों से ऊना के प्रेम आश्रम में कार्यरत सिस्टर्स क्रिसमस् दीवाली और रक्षा बंधन के त्यौहार बच्चों के साथ भिलकर मनाती हैं वास्तव में यही तो है एक भारत श्रेष्ठ भारत जहां विभिन्न धर्मो के लोग बिना किसी भेदभाव से मिलजूलकर रहते हों

गोविंद ठाकुर ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर रही है और इसके लिए उन्हें हर तरह का प्रोत्साहन दिया जा रहा है

कर्नल एएस घुम्मन के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में प्रतिभागियों को युद्ध कला सामाजिक सेवा और सामाजिक उत्थान के विषय में बताया जाएगा इसके अलावा युवाओं को खेलों के प्रति भी जागरूक किया जाएगा शिविर का उद्देश्य युवाओं में मैत्रीभाव और अनुशासन की भावना पैदा करना है

आयोग के सदस्य सचिव संदीप नेगी ने बताया कि इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा